मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान उन्होंने पासीघाट में सैनिक स्कूल से जुड़े मुद्दे को उठाया श्री खांडू ने राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक शिक्षण वर्ष में सैनिक स्कूल की बढ़ती जरुरतों के अनुरुप बुनियादी सुविधाओं के विकास में हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अगले वर्ष दो और सैनिक स्कूल शुरु करने की योजना है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मेजर जनरल अजय वर्मा के साथ बैठक के दौरान भारतीय सैन्य बलो ने अरुणाचल प्रदेश से अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने पर चर्चा की उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य में सैनिक स्कूल के खुलने के बाद मातृ भ्रमि की रक्षा के लिए सैन्य बलों में अधिकारियों की जरुरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी मेजर वर्मा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के युवा स्वाभाविक रुप से एक योग्य सैनिक की क्षमता रखते है मुख्यमंत्री ने नागरिक सैन्य मैत्री गतिविधियों को तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों में भी चलाने पर जोड़ दिया लोकसभा ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को खारिज करते हुए मुस्लिम महिला विधेयक पारित कर दिया है कल दो सौ पैंतालीस सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि ग्यारह ने इसके विरोध में मतदान किया इस विधेयक में एक बार में तीन तलाक देने को अमान्य और अवैध करार दिया गया है इसमें तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया है और इसके लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है यह विधेयक मुस्लिम महिला अध्यादेश दो हजार अट्ठारह का स्थान लेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संपर्क के लिए टोल फ्री नंबर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्र आरंभ किया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक्ष लाभ अंतरन कार्यक्रम लागू करके नब्बे हजार करोड़ रुपये के दशको से चले आ रहे फर्जी पेंशन घोटाले का भंडाफोड़ किया है उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार का रास्ता बंद हो गया है

नीति आयोग के मूख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आज दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की रैंकिंग के अंतर्गत इस वर्ष जून से अक्टूबर तक छह प्रमुख विकास क्षेत्रों में जिलों की प्रगति के ब्यौरे दिए गए हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा कौशल विकास ब्रनियादी ढांचा सहित विभिन्न पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर जिलों की पारदर्शी तरीके से रैंकिंग की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जनवरी में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया था इसका उद्देश्य प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रुप से कम प्रगति करने वाले जिलों में तेजी से बदलाव लाना है देशभर के एक सौ ग्यारह जिलों में जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का एक मात्र जिला नामसाई तिरानवें स्थान पर है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत देश में करीब तीन लाख दस हजार छह सौ किफायती अवासीय इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दे दी हैं आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की इकतालीसवीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई